प्रदेश के तीन नगर निगमों जयपुर ग्रेटर जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में कल होगा मतदान राज्य निर्वाचन विभाग ने पूरी की तैयारियां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

इस दौरान दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश पत्र नहीं बनाए जाएंगे विधानसभा के सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि हाथ धोने और सैनेटाइजेशन की पर्याप्त संख्या में मशीनें लगाई गई है इसके अलावा विधायकगण की कोविड जांच के लिए भी व्यवस्था की गई है

शिक्षकों से हुए विवाद के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हरफूल सिंह यादव को अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग के पद पर तबादला किया गया है

इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है प्रशासन ने गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं

साथ ही इंटरनेट सेवाए भी बंद कर दी गई हैं भरतपुर कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है और बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश जारी किए हैं

राज्य में सकिय मरीजों की संख्या में भी कमी आ रही है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

प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी घर घर संपर्क कर मतदाताओं को रूझाने का प्रयास कर रहे हैं कल प्रचार के अंतिम दिन भी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए जोर शोर से जुटे रहे इससे पहले जयपुर हैरिटेज जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में मतदान गुरूवार को संपन्न हो चुका है

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कल संबंधित जिला कलक्टर और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी ली और कोरोना गाइडलाइन के प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना करवाने के दिशा निर्देश दिए

श्री रिजीजू ने कहा कि लगभग एक लाख अस्सी हजार स्कूल फिट इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं इससे पहले जैसलमेर पहुंचने पर श्री रिजीजू का सेना के अधिकारियों ने स्वागत किया

यह दिन देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्वांजलि देने के साथ ही स्टैचू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड में हिस्सा लेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज इस वर्ष का सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान देंगे

अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी व्याख्यान समारोह की अध्यक्षता करेंगे विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरण भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे प्रदेशभर में भी इस अवसर पर कई आयोजन रखे गए है

इस बार अधिमार्स होने के कारण शरद पूर्णिमा पर्व कल भी मनाया गया कोरोना गाइडलाइन्स के कारण इस बार अधिकांश मंदिरों में श्रद्वालुओं के प्रवेश पर रोक है लेकिन घरों में बनी खीर को चांदनी रात में रखकर भगवान को भोग आज भी लगाया जाएगा